केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कोरोना महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है केन्द्र और राज्य सरकारें मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने फार्मा कम्पनियों से उत्पादन स्तर बढ़ाने का किया आग्रह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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

ये घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए की उन्होंने स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों में होम आईसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों से लगातार संपर्क रखने का आग्रह किया ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से लड़ाई के लिए वह निजी तौर पर मेडिकल उपकरण भेज रहे हैं ताकि इस लड़ाई में संसाधनों की कोई कमी न रहे अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कांगड़ा मंडी बिलासपुर हमीरपुर और ऊना में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कसंट्रेटर वितरित करने के साथ साथ तीन पीएसए ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगवाने का निर्णय लिया है इससे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी पांचों जिलों को लाभ पहुंचेगा अनुराग ठाकुर ने कहा कि वह संसदीय क्षेत्र के सभी जिला प्रशासनों के साथ नियमित सम्पर्क में है गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कोरोना महामारी के गांव में दस्तक देने पर चिंता जताई है उन्होंने आज मनाली में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि पिछले साल तक अधिकांश गांव सुरक्षित थे लेकिन इस बार स्थिति इसके विपरीत है गोविंद ठाकुर ने लोगों से किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों और भीड़भाड़ से बचने की अपील की उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के समारोहों पर कड़ी नज़र रखने और लोगों को जागरूक करने को भी कहा ताकि इस बीमारी का और अधिक प्रसार रोका जा सके उन्होंने उम्मीद जताई कि कोरोना कफ्यू प्रदेश में कोरोना प्रसार को रोकने में मददगार साबित होगा सैजल पठानिया स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा है कि सिविल अस्पताल नूरपुर में ब्लड बैंक खोलने का मामला अन्तिम चरण में है और स्वीकृति मिलते ही इसको शीघ्र खोलने के प्रयास किए जाएंगे सैजल आज नूरपुर अस्पताल का दौरा करने के मौके पर बोल रहे थे स्थानीय विधायक व वन मंत्री राकेश पठानिया भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे सैजल ने कहा कि इस अस्पताल को स्तरोत्रत करने की मुख्यमंत्री की घोषणा को शीघ्र पूरा किया जाएगा उन्होंने नूरपुर अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की शीघ्र तैनाती का आश्वासन दिया शुभकामनाएं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम जयंती और ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि भगवान परशुराम सभी को अपना आशीर्वाद दें और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करें उन्होंने कहा कि ईद का त्यौहार देश में शांति एकता और भाईचारे को सुदृढ़ करेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान परशुराम के आदर्श सदियों तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे उन्होंने कहा कि ईद का त्यौहार अच्छाई का संदेश देता है वेबिनार पत्र सूचना कार्यालय शिमला ने आज सार्वजनिक संवेदनशीलता भूमिका और कोविड उपयुक्त व्यवहार के कार्यान्वयन में सरकार की जिम्मेदारी विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया वेबिनार में प्रदेश में कोरोना महामारी की चल रही दूसरी लहर से लड़ने के लिए सभी वर्गों में सकारात्मक माहौल बनाने में प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया आउटलेट्स की भूमिका पर चर्चा की गई रोहित ठाकुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने शिमला ज़िला के ऊपरी क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि से हुए नुकसान का तुरन्त जायजा लेने और बागवानों को राहत देने की सरकार से मांग की है उन्होंने पिछले महीने हुए बेमौसमी हिमपात और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का अभी तक आंकलन न करने पर भी नाराजगी जताई है जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फार्मा उद्योग से सामूहिक रूप से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अपना सहयोग देने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री आज राज्य के फार्मा उद्योगों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने फार्मा कंपनियों से अपना उत्पादन स्तर बढ़ाने और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सीएसआर के तहत सरकार को सहायता प्रदान करने की भी अपील की उन्होंने कहा कि हिमाचल एशिया में फार्मा हब के रूप में उभरा है और पिछले एक साल में कोरोना महामारी से लड़ने में हिमाचल का योगदान महत्वपूर्ण रहा है जयराम ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में पेशेवर होने के नाते प्रदेश सरकार हिमाचल को फार्मा क्षेत्र में अग्रणी निर्यातकों में से एक बनाने के लिए फार्मा उद्योग की भागीदारी चाहती है उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में राज्य सरकार को आर्थिक योगदान के लिए फार्मा कंपनियों का आभार भी जताया

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने आज शिमला में कहा कि बिना किसी अप्वांईटमेंट के किसी भी व्यक्ति या लाभार्थी का टीकाकरण नहीं किया जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि टीकाकरण सप्ताह में केवल सोमवार और वीरवार को ही किया जाएगा जिंदल ने कहा कि बैंक कर्मचारियों कोविड डियूटी देने वाले शिक्षकों एचआरटीसी के चालकों व परिचालकों और अन्य समूहों को कोविड टीकाकरण के लिए प्राथमिक समूहों में रखा गया है

उन्होंने आज इस प्लांट के निर्माण कार्य का जायजा लिया इस प्लांट में हर रोज एक हजार लीटर ऑक्सीजन तैयार होगी राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को लिखे पत्र में बिलासपुर में बने एम्स को कोविड अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल करने की मांग की है उन्होंने कहा कि यदि इस अस्पताल को कोविड केयर अस्पताल बनाया जाता है तो खासकर बिलासपुर के लोगों को काफी फायदा होगा उन्होंने नड्डा और भाजपा से राजनीतिक मैनेजमेंट छोड़कर कांग्रेस की तर्ज पर कोरोना से निपटने में जुट जाने का भी आग्रह किया है राठौर ने इस बात पर खेद जताया कि प्रदेश में कोरोना महामारी के पूरे चरम पर होने के बावजूद नड्डा एक बार भी प्रदेश की जनता का हालचाल पूछने नही आये हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है